सम्मेलन को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे

पार्टी ने अपना पहला पन्ना प्रमुख सम्मेलन मंडी में आयोजित किया था जिसे केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया था सोलन में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शशी दत्त ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है उन्होंने कहा की सम्मेलन में भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर टिप्स देंगे और कार्यकर्ताओं में नए रक्त का संचार करेंगे सतत विकास नीति आयोग द्वारा जारी राज्य रैकिंग में राष्ट्रीय संघ सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हिमाचल प्रदेश केरल और तमिलनाडू के साथ अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ जल प्रदान करने स्वच्छता बनाने असमानता में कमी करने और पर्वतीय परिस्थितिकी का संरक्षण करने में उच्च स्थान प्रदान किया गया है उन्होंने कहा कि ये सब राज्य के लोगों की सक्रिय सहभागिता व योगदान के कारण संभव हुआ है भारत में ये रिपोर्ट राष्ट्रीय संघ के सहयोग से तैयार की गई है

राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर होने वाली इस रैली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने निर्देश देते हुए कहा कि रैली के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाएं जिसके लिए सरकारी अधिकारियों और संगठन के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए सुरक्षित यातायात योजना के साथ ही पेयजल और पैक्ड भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि रैली में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरो को प्रमुखता दी है सतत विकास सूचकांक में हिमाचल अव्वल शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल के साथ हासिल किया पहला स्थान एक स्कूल कार्यक्रम के लिए ऊना पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर हिमाचली युवाओं के नशे के दलदल में फंसने पर चिंतित ख़बर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है नशे से दूर रहें युवा लक्ष्य तय कर मेहनत से हासिल करें मुकाम इसी से जुड़ी ख़बर पर दैनिक जागरण की सुर्खी है शरारती बच्चे को लक्ष्य ने बना दिया जिम्मेदार सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर अमर उजाला ने शीर्षक दिया है राहुल प्रियंका पर अभद्र टिप्पणी भाजपा से जुड़े नेता पर केस दर्ज दैनिक जागरण के शब्द हैं राहुल प्रियंका के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पंजाब केसरी की सुर्खी है राहुल प्रियंका पर अभद्र टिप्पणी शिमला व सोलन में मामला दर्ज वहीं हिमाचल दस्तक ने लिखा है राहुल प्रियंका को लेकर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस ने की पूलिस में शिकायत जनमंच पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर मुख्यमंत्री ने कसा तंज बोले जनमंच में सबसे पहले पहुंच जाते है कांग्रेसी दैनिक जागरण की एक ख़बर इसी पत्र ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हवाले से लिखा है कांग्रेस संगठन ना सुधरा तो जीत पर संदेह

मौसम से जुड़ी ख़बर पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल सहित उतर भारत में प्रचंड ठंड का कहर देश में सबसे ठंडा क्षेत्र रिकार्ड किया गया शीत मरूस्थल लाहौल स्पिति दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है हिमाचल की आर्थिकी में पर्यटन का अहम योगदान है अगले माह से उड़ान दो योजना शुरू होने से हिमाचल में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा लेकिन जरूरत है कि योजना शुरू होने के बाद उसके क्रम को बनाए रखा जा सके शीर्षक है हिमाचल में उड़ान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

नमस्कार